इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं आज सामाजिक सशक्तिरकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रेज शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने यह बात कही श्री मोदी ने कहा कि विश्व को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को द्रूपयोग रोका जा सके प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने तकनीक के जरिये क्नेक्विटी बढ़ाई है जिससे प्रशासन के हर क्षेत्र में पारदर्शिता बढी है श्री मोदी ने कहा कि सरकार चाहती है कि देश के प्रत्येक गांव में इंटरनेट सुविधा हो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसे सरल तरीके खोजने होंगे जिससे दिव्यांगजनों का जीवन आसान बन सके

इसके तहत बारह अक्टूबर तक राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी इस अभियान का उद्देश्य कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट कर समुचित इलाज उपलब्ध कराकर कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने आज जोन क्रमांक चार पांच और सात के सर्विलांस दल के प्रभारी और सदस्यों की बैठक ली इस दौरान उन्होंने सर्विलांस दल को घरों में जाकर कोरोना लक्षण वाले मरीजों के नमूने लेकर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजने के निर्देश दिए वहीं द्र्ग जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि वे सामुदायिक सर्वे कार्य में सहयोग करें और घर पहुंचने वाली टीम को जरूरी जानकारी दें उन्होंने कहा है कि कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जांच करके उनके लिए उपचार की समुचित व्यवस्था की जाएगी इधर महासमुंद और बिलासपुर जिले में भी कोरोना संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए आज से सघन सामुदायिक सर्वे अभियान शुरू हो गया है इन जिलों के कलेक्टरों ने बताया कि इस अभियान में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जा रहा है वहीं जांजगीर चांपा जिले में सामुदायिक सर्वे के लिए तीन हजार दो सौ उनचास टीमें गठित की गई हैं इस टीम में छह हजार चार सौ अंठानवे सदस्य शामिल हैं जो घर घर जाकर कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले लोगों की पहचान कर रहे हैं इधर नारायणपूर जिले में सर्वे टीम ने आज घर घर जाकर कोरोना के लक्षणात्मक मरीजों की पहचान की वहीं जगदलपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन में नागरिकों की कोरोना जांच की जा रही है कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है इस बीच आज प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज की कोरोना जांच रिपोर्ट दोबारा पॉजीटिव आई है इससे पहले पच्चीस जुलाई को भी उनकी रिपोर्ट पॉजीटिव आई थी इधर राजनांदगांव जिले के महुआढार बेस कैम्प में आईटीबीपी के सत्ताईस जवान कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं जिले में कल एक सौ चौबीस कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई मुख्य सचिव बैठक मुख्य सचिव आरपी मंडल ने प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विभिन्न दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए हैं श्री मंडल ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए जाने वाले आईईसी कार्ययोजना की समीक्षा की श्री मण्डल ने आने वाले त्यौहारों के मद्देनजर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से अपील की कि वे कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें बैठक में श्री मण्डल ने मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करने आपस में दो गज की दूरी का पालन करने और हाथों की नियमित सफाई को पूरे राज्य में अनिवार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए बैठक में श्री मंडल ने कहा कि राज्य में कुपोषण की दर में कमी लाने के लिए पंद्रह वर्ष तक की बालिकाओं गर्भवती महिलाओं और दो वर्ष तक के बच्चों को लक्ष्य बनाकर कार्य करना होगा मुख्य सचिव ने इन सभी लोगों को एनीमिया मलेरिया डायरिया जैसे गंभीर बीमारियों से बचाने के साथ ही नियमित अंतराल में कृमि की दवा और पौष्टिक भोजन देने के निर्देश दिए खासतौर से बस्तर और सरगुजा संभाग के प्रत्येक जिले में दस दस गांवों का चिन्हांकन करने और वहां कुपोषण दूर करने के उपायों पर जोर दिया पुलिस महानिदेशक बैठक प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को महिलाओं से संबंधित अपराधों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आज नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अवस्थी ने राज्य के सभी पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक लेकर महिलाओं से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की उन्होंने महिलाओं से संबंधित मामलों अथवा विभागीय जांच में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी से विवेचना कराने के लिए कहा साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित अपराधों पर नियंत्रण के लिए जिलेवार मेकेनिजम बनाया जाए ताकि घटनाओं की समीक्षा जल्द से जल्द की जा सके बैठक में श्री अवस्थी ने राज्य में अवैध शराब ड्रग्स सट्टा हुक्काबार गांजा से संबंधित अपराध के मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए जेईई एडवांस नतीजे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जेईई एडवांस्ड दो हजार बीस के नतीजों की घोषणा कर दी है जेईई एडवांस्ड के लिए कुल एक लाख पचास हजार आठ सौ अड़तीस उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी इनमें तिरालीस हजार दो सौ चार उम्मीदवार सफल हुए हैं इधर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय के अड़तीस विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में सफलता हासिल की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सफल विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं

इससे केन्द्र सरकार अब राज्य सरकार से साठ लाख टन चावल खरीदेगी केन्द्र सरकार की ओर से चावल के मद के लिए नौ हजार करोड़ रूपये हाल ही में प्रदान किए गए हैं ऐसे में प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा उन्होंने कहा कि साठ लाख टन चावल के लिए करीब पचासी लाख टन धान की जरूरत होगी उन्होंने राज्य सरकार से एक नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने और किसानों से प्रति एकड़ बीस क्विंटल धान की खरीदी करने की मांग की है उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को धान खरीदी का भुगतान एकमुश्त और तत्काल किया जाए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में दो अक्टूबर दो हजार उन्नीस से शुरू किए गए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को एक वर्ष पूरा हो चुका है इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंड़िया ने बताया कि योजना के शुरू होने के समय प्रदेश में लगभग चार लाख बयानवे हजार बच्चे क्पोषित थे जिनमें से सड़सठ हजार से अधिक बच्चे क्पोषण से मुक्त हो गए हैं इस तरह क्पोषित बच्चों में लगभग तेरह दशमलव सात नौ प्रतिशत की कमी आई है वहीं प्रदेश में कोरोना काल के दौरान सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के बंद होने के बावजूद बच्चों और महिलाओं को घर घर जाकर रेडी टू ईट पोषक आहार वितरित किया गया है रानी दुर्गावती जयंती वीरांगना रानी दुर्गावती की आज जयंती है इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नमन किया है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि तत्कालीन गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती साहस और वीरता की मिसाल हैं वह भारतीय नारी शक्ति का प्रतीक हैं श्री बघेल ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी दुर्गावती ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिये वीरांगना दुर्गावती की जयंती पर रायपुर में छत्तीसगढ़ जनजाति गौरव समाज द्वारा वेबीनार का आयोजन किया गया इस अवसर पर राज्यपाल सुश्री उइके ने अपने संबोधन में कहा कि रानी दुर्गावती हम सबके बीच साहस के प्रतीक के रूप में जीवित हैं राज्यपाल ने कहा कि वीरांगना दुर्गावती ने अपने राज्य में अनेक जनपयोगी और सुधार कार्य किए उन्होंने साहित्य संगीत और शिक्षा से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाया राज्यपाल ने कहा कि आज जरूरत है कि महिलाओं को सशक्त बनाया जाए जिससे वे हर चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकें

रायगढ़ केन्द्र को यह सम्मान हल्दी अदरक धनिया मेथी अजवाइन आदि मसाला फसलों की नई किस्मों के विकास फसल सुधार अनुसंधान और विस्तार के लिए दिया गया यह केन्द्र प्रदेश के आदिवासी किसानों के उत्थान के लिए उनके खेतों में मसाला फसलों की विभिन्न किस्मों के प्रदर्शन भी आयोजित कर रहा है उल्लेखनीय है कि रायगढ़ में मसाला अनुसंधान के लिए वर्ष उन्नीस सौ छियानवे में समन्वित मसाला अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई थी

अब तक यह ट्रेनें सप्ताह में तीन दिन चलाई जा रही थी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा इन दोनों गाड़ियों का स्टॉपेज टाटानगर और चक्रधरपुर में दिया जा रहा है वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल से होकर जाने वाले खुर्दारोड गांधीधाम साप्ताहिक ट्रेन की समय सारिणी में आंशिक बदलाव किया गया है विवि उत्तर पुस्तिका शासकीय अवकाश के चलते उत्तर पुस्तिका जमा नहीं कर पाने वाले हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के विद्यार्थी अब सात अक्टूबर तक उत्तर प्रस्तिका जमा करा सकते हैं विश्वविद्यालय की ओर से नियमित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने की अंतिम तिथि पहले पांच अक्टूबर थी इससे करीब साढ़े छह सौ विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा

इस स्पर्धा में बिलासपुर राजनांदगांव बलौदाबाजार कोरिया सरगुजा और बस्तर के खिलाड़ियों ने टॉप टेन में जगह बनाई आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि इस स्पर्धा का उद्देश्य कोरोना काल में खिलाड़ियों की फिटनेस बनाए रखना है

संक्षिप्त समाचार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया इस परीक्षा में प्रदेश से पांच हजार छह सौ परीक्षार्थी शामिल हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया आगामी नौ और दस अक्टूबर को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे इस दौरान वे रायपुर में कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने के साथ ही किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे संसदीय सचिव और खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज हाथरस मामले के विरोध में बागबाहरा में मौन धरना प्रदर्शन किया महासमुंद जिले में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर जिले में पिछले दिनों एक नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जांजगीर चांपा जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों से प्री पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन इकतीस अक्टूबर तक आमंत्रित किए गए हैं कोरिया जिले के भरतपुर स्थित रमदाहा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए एक नाबालिग की डूबने से मौत हो गई